अब तक एक लाख तैंतालीस हजार तिरपन मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

राजकीय सम्मान के साथ वैशाली स्थित पैतृक गांव में होगी अंत्येष्टि और हिन्दी दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है

विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये चुनाव आयोग की दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम आज से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर है इस टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल है आयोग की टीम आज पटना और मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक करेगी मुजफ्फरपुर में आयोग की टीम तिरहुत दरभंगा और कोसी प्रमंडल के बारह जिलों और पटना प्रमंडल के छह जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेगी बाद में आयोग का दल पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा वहीं कल आयोग की टीम भागलपुर और बोधगया में अलग अलग बैठकें करेगी बैठक में मुंगेर पूर्णियां और मगध प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जायेगी दिल्ली लौटने से पहले दोनों उप निर्वाचन आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही बैठक करेंगे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में धन बल को रोकने के लिए निगरानी सेल का गठन किया है पुलिस महानिरीक्षक कमल किशोर सिंह को निगरानी सेल का नोडल अधिकारी बनाया गया है इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने प्रदेश के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को विधानसभावार उड़न दस्ता और स्टैटिक सर्विलांस टीम के गठन का आदेश जारी किया है इसके अन्तर्गत सात सौ से अधिक उड़न दस्ता का गठन किया जायेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नब्बे प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार आठ सौ पंचानवे लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख तैंतालीस हजार तिरपन हो गयी है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या चौदह हजार पांच सौ तेरह है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक हजार पांच सौ तेईस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख अंठावन हजार तीन सौ नवासी हो गयी है सबसे अधिक एक सौ तिहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं अररिया से चौरानवे सहरसा से नब्बे मुजफ्फरपुर से नवासी भागलपुर से तिहत्तर सुपौल से सड़सठ और पूर्णिया से अड़सठ नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं वहीं इस महामारी से अब तक राज्य में आठ सौ बाईस लोगों की मृत्यु हो चुकी है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडेय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों में कई तरह के लक्षण उभर सकते हैं समस्या होने पर ऐसे लोगों को इलाज कराना चाहिए

इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान बदन दर्द खांसी गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए प्रोटोकोल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है स्वस्थ हुए रोगियों को डाक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड वैक्सीन जारी करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया संडे संवाद प्लेटफार्म पर यह जानकारी दी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मानव परीक्षण प्रक्रिया पर सरकार प्ररी सावधानी बरत रही है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार भोजन पकाने के लिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही है उन्होंने कहा कि इससे समाज के गरीब तबकों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए किफायती विकल्प उपलब्ध होगा और देश आत्म निर्भरता की ओर बढ़ेगा उन्होंने कहा कि बिजली भारत का भविष्य है और ज्यादातर बुनियादी ढांचा बिजली से चलता है श्री सिंह ने कहा कि सरकार मंत्रालय के स्तर पर पावर फांउडेशन बनायेगी श्री सिंह ने कहा कि एनटीपीसी का विस्तार जारी रहेगा केन्द्र सरकार ने रेल मंत्री के आदेश के नाम पर सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक खबरों का खंडन किया है सोशल मीडिया पर वायरल खबर में कहा गया है कि सरकार रेलवे के पात्र गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दो हजार उन्नीस बीस में उत्पादकता से जुडा बोनस देगी पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने एक ट्वीट में इस खबर को फर्जी और बेब्रनियाद बताया है पी आई बी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है कोविड महामारी के मद्देनजर यह सत्र दो पालियों में चलेगा पहली पाली सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक और द्रसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक चलेगी पहला दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की शाम को होगी यह सत्र एक अक्टूबर को समाप्त होगा

सत्र में नये विधेयक भी पेश और पारित किये जाने की संभावना है

इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किये जायेंगे शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव वैशाली जिले के हसनपुर घाट पर किया जायेगा नई दिल्ली स्थित एम्स में कल उनका निधन हो गया वे पिछले तीन माह से बीमार चल रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंक का पार्थिव शरीर उनके पटना के कौटिल्यनगर स्थित उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है जहां से उनकी शव यात्रा अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई जो जेपी सेतु होते हुये हाजीपुर और वैशाली जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुये कहा है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम समय की इच्छा हमलोग पूरी करेंगे श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में पत्र के माध्यम से कुछ बातें रखी थी उसके लिए हमलोगों ने तुरंत केन्द्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेजना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि रघुवंश बाबू ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में हमलोग भी मदद करेंगे अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता आनंदी प्रसाद यादव का हृदय गति रूक जाने से देर रात निधन हो गया वे अड़सठ वर्ष के थे उनके निधन पर राजद अध्यक्ष सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि आगामी रबी मौसम में राज्य के तीस जिलों के एक सौ पचास गांवों में मौसम अनुकूल खेती जी जायेगी उन्होंने कहा कि कम खर्च में अधिक उत्पादन के बाद सरकार ने शेष तीस जिलों के पांच पांच गांवों में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा सहित कई संस्थानों की ओर से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर इक्कीस सूत्री मांगों को लेकर राज्य के ट्रक मालिकों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष भानू शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया राज्य के पांच लाख से अधिक ट्रक ऑपरेटर के हड़ताल पर जाने से फलों सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ेगा जिससे इनकी कीमते बढ़ने की सम्भावना है हिन्दी दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है उन्नीस सौ उनचास में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था हिन्दी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और बावन करोड़ से अधिक लोगों की प्रथम भाषा है केन्द्र सरकार ने राजभाषा के संवर्धन के लिए अनेक उपाय किये हैं इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि हिन्दी भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से भी जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से हिन्दी दिवस की इकहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी काम काज में हिन्दी को ही माध्यम के रूप में अपनाने की अपील की है इस वर्ष कोरोना की वजह से राजभाषा विभाग की ओर से हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हिन्दी दिवस पर दिये जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है इधर कोरोना काल को देखते हुये राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में हिन्दी दिवस कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश हई है कटिहार अररिया पूर्णियां भागलपुर सहित राज्य के पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गयी है बारिश के दौरान कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अन्तर्गत बभनी चोचला गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक किसान और एक मवेशी की मौत हो गयी इधर पटना और उसके आस पास के इलाकों में पिछले तीन दिनों से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर को प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है समाजवादी नेता व मनरेगा के शिल्पी रघुवंश बाबू नहीं रहे दैनिक भास्कर ने रघुवंश बाबू के निधन की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है ब्रम्हबाबा ब्रहम्लीन प्रधानमंत्री के हवाले से अखबार का अन्य शीर्षक है प्रधानमंत्री ने कहा रघुवंश जी की आखरी इच्छा पूरी होनी चाहिए प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम और गैस के तीन प्रोजेक्टों के उद्घाटन की खबर को शीर्षक बनाया है अखबार ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है प्रतिभा का पॉवरहाउस है बिहार कहीं भी जाएं दिखेगी यहां की ताकत दैनिक जागरण ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा हैन् बिहार समेत तेरह राज्य कर्ज लेने को तैयार आज अखबार का शीर्षक है कोविशील्ड वैक्सीन का भारत में जल्द शुरू हो सकता है ट्रायल

अब तक एक लाख तैंतालीस हजार तिरपन मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

राजकीय सम्मान के साथ वैशाली स्थित पैतृक गांव में होगी अंत्येष्टि और हिन्दी दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है